कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है घोषणा पत्र में पार्टी ने गरीबों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी और रोजगार उपलब्ध कराने के वायदे किए हैं

मेनिफेस्टो में पांच बड़े आइडिया है सबसे पहला थीम न्याय का थीम और दूसरा काम रोजगार और किसान हमने निर्णय लिया है अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वह क्रिमिनल ऑफेंस ना हो वो सिविल ऑफेंस हो शिक्षा और स्वास्थ्य नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर हमारा जबरदस्त फोकस होगा

भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनरेगा की आलोचना के मुद्दे पर श्री राहुल गांधी ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो वर्तमान एक सौ मानव दिवस को बढ़ाकर डेढ़ सौ कर दिया जाएगा उन्होंने यह भी कहा कि तीन वषों तक भारतीय युवाओं को अपना व्यापार शुरू करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी शिक्षा के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने वादा किया है कि सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा और किसानों की चिंताओं के समाधान के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा उन्होंने यह भी कहा कि घोषणा पत्र में किसानों द्वारा ऋण अदा न करने को आपराधिक नहीं बल्कि दोवानी अपराध समझा जाएगा उन्होंने कहा कि पार्टी ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम की समीक्षा का वायदा किया है और नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग के पुनर्गठन का वायदा किया है

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को स्वस्थ लेखा जोखा के माध्यम से और मजबूत करने तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए व्यापक समीक्षा की जाएगी वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना की है आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने दस साल ठीक से काम किया होता तो झूठे वायदे करने की जरूरत नहीं थी

सेना की ताकत को कम करने वाला है अलगाववाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपूर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम को संबोधित करते हये यूवाओं से देश और प्रदेश के विकास में मतदान करने की अपील की श्री योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में तेजी से विकास हुआ है

श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगामी पांच साल के कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगा उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के रूप में भारत ने अंतरिक्ष में सफलता पाई है दिल्ली और बम्बई उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बायोपिक को प्रदर्शित करने से रोकने के लिए दाखिल की गई दो अलग अलग जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया अदालत ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया और याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता सेंसर बोर्ड या चूनाव आयोग से संपर्क कर सकते है बम्बई उच्च न्यायालय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित फिल्म के प्रदर्शन में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग पहले ही इस मुद्दे पर संज्ञान ले चुका है और वह इससे निपट लेगा निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायते अब आम आदमी भी चुनाव आयोग को भेज सकता है इसके लिये आयोग ने इस बार खास व्यवस्था की है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

प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की तेरह सीटों के लिये आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई नामांकन के पहले दिन आज भारतीय जनता पार्टी के अजय कुमार ने खीरी लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया राज्य चुनाव कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस चरण में शाजहांपुर खीरी हरदोई मिश्रिख उन्नाव फर्रूखाबाद इटावा कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन झांसी और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में उन्तीस अप्रैल को मतदान होगा इस चरण के लिये नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि नौ अप्रैल है दस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और बारह अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे चौथे चरण की सीटें मुख्य रूप से मध्य यूपी और बुन्देलखंड इलाके में फैली हुई है जो प्रमुख उम्मीदवार इस चरण में चुनाव मैदान में उतरेंगे उनमें कन्नौज से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव के साथ ही इटावा से भाजपा के वरिष्ठ नेता रामशंकर कठेरिया कानपुर से सत्यदेव पचौरी और उन्नाव से साक्षी महराज शामिल है इस चरण में दो करोड़ अड़तीस लाख मतदाता है जिनमें एक करोड़ उन्तीस लाख पुरूष मतदाता एक करोड़ नौ लाख महिला मतदाता तथा एक हजार दो सौ तीस थर्ड जेंडर मतदाता है चौथे चरण की तेरह सीटों पर मतदान के लिये कुल सत्रह हजार ग्यारह मतदान केन्द्र तथा सत्ताईस हजार पांच सौ तेरह मतदेय स्थल बनाये गये हैं

आज जिन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किये उनमें बरेली लोकसभा सीट से भाजपा के संतोष गंगवार कांग्रेस से प्रवीन सिंह रामपुर से सपा प्रत्याशी मोहम्मद आजम खान कांग्रेस से संजय कपूर पीलीभीत से सपा प्रत्याशी हेमराज वर्मा भारतीय नैतिक पार्टी के संजय कुमार बदायू से भाजपा की संघमित्रा मौर्य और संयुक्त समाजवादी दल के महेश कुमार झा शामिल है तीसरे चरण के लिये कल सपा के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव सहित तैंतीस लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था इस चरण में प्रदेश की दस सीटों पर तेईस अप्रैल को मतदान कराया जायेगा तीसरे चरण के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि चार अप्रैल है आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है हर वर्ष ये दिन ऑटीजम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है